जावडेकर आज नई दिल्ली में उनसे मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों में और तेजी लाने के लिए वन भूमि के परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के पास होना जरूरी है उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल का अधिकतर क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है इससे परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है जयराम ठाकूर ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के लिए हिमाचल को क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में लाने की भी मांग की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गृह मंत्री से प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटि समुदाय को जनजातीय का दर्जा प्रदान करने का आग्रह किया ताकि इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से हिमाचल के लिए एक और महिला आईआरबी बटालियन स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया जयराम ठाक्र ने अमित शाह को केंद्रीय मंत्री बनने और लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत पर बधाई भी दी गृह मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया पीएमजीएसवाई इसी बीच मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही ग्राम विकास पंचायतीराज व कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से भी मुलाकात की और पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश में बनी सड़क रख रखाव के लिए बजट बढ़ाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निर्मित सड़कों के रखरवाव के लिए दी जा रही धनराशि पर्याप्त नहीं है मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बस्तियों और आंतरिक सड़कों के रख रखाव के लिए भी बजट में प्रावधान का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि उपयुक्त बजट प्रावधान के बिना पंचायतें इन सड़कों का रख रखाव नहीं कर पा रही है केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश वासियों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है

विपिन परमार आज सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धीरा में डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासांउड के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों और मैडिकल कॉलेजों में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने पर उन्हें सशक्त करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की सभी पंचायतों में सड़क सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है सरवीण चौधरी आज कांगड़ा जिला के सिद्वपुर में विकास कार्यो का जायजा लेने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रही थी उन्होंने ये भी कहा कि समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए सरकार कृतसंकल्प है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं आरंभ की गई है